आज आधी रात से लागू होने वाले इस निर्णय के बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि शुल्क का भुगतान डिजिटल मोड में करने को बढ़ावा देने प्रतीक्षा समय और ईंधन खर्च कम करने तथा शुल्क प्लाजा के जरिये निर्बाध यात्रा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है

मंत्रालय ने इस वर्ष पहली जनवरी से एम और एन श्रेणी के मोटर वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया था श्रेणी एम के अर्तर्गत कम से कम चार पहिया वाले वे वाहन आते हैं जिनका इस्तेमाल यात्रियों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है एन श्रेणी के अंतर्गत सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कम से कम चार पहिया मोटर वाहन शामिल है ऐसे वाहन सामान के अलावा यात्रियों को भी ले जा सकते हैं प्रधानमंत्री केरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम केरल के कोच्चि में इकसठ अरब रुपये की लागत वाली कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उदघाटन किया इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएँ देश के विकास की गति तय करेंगी उन्होंने कहा कि देश में अवसर के अनुरूप आगे बढने और विश्व को बेहतरीन योगदान देने की क्षमता है श्री मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल की प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल परियोजना राष्ट्र को समर्पित की इस परियोजना से एक्रिलेट एक्रिलिक एसिड और ऑक्सो अल्कोहल का उत्पादन होगा इस समय इनका आयात होता है इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग सैंतीस अरब से चालीस अरब रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होने की उम्मीद है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परियोजना आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी यात्रा को सुदृढ करने में मदद करेगी श्री मोदी ने कोच्चि में बोल्गट्टी और विलिंगडन ट्वीप के बीच रो रो पोत सेवा भी राष्ट्र को समर्पित की उन्होंने कहा कि इस परियोजना से भीड़भाड प्रदूषण और परिवहन लागत में कमी आएगी प्रधानमंत्री ने स्थानीय पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और आसपास के अधिक से अधिक क्षेत्रों की यात्रा करने का भी आग्रह किया

उतराखंड अपडेट उत्तराखंड में चमौली जिले में रैणी गांव तथा तपोवन स्थित एन टी पी सी परियोजना स्थलल पर आई बाढ को सात दिन बीत चुके हैं अब भी लापता लोगों के शव निकाले जाने का कार्य जारी है

गृह प्रवेशम् कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री श्री शाह एवं मुख्यमंत्री श्री चौहान हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत इतनी बडी संख्या में गृह प्रवेश कराये जाने का यह दूसरा बड़ा आयोजन है

दस्तक अभियान बच्चों में आमतौर पर पाई जाने वाली बीमारियों की पहचान करने और उन्हें तत्काल उपचार देने के उददेश्य से प्रदेश में आज से दस्तक अभियान शुरू हो रहा है

एएनएम आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों में कुपोषण और सामान्यतः पाई जाने वाली बीमारियों की पहचान और उनका उपचार सुनिश्चित करेंगी बाद में इन बच्चों के आवश्यक उपचार की व्यवस्था की जाएगी इंदौर में भी दस्तक अभियान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

माण्डू उत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमो में स्थानीय कलाकारो द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी गई राज्य सभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी माण्डू उत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक संध्या के पहले कलाकारों के सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए श्री सोलंकी ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार के माध्यम से ऐसी परिवहन व्यवस्था बनाने का प्रयास होगा कि माण्डू आने वाले सैलानी धरमपुरी जहाज महल होकर स्टेच्यु ऑफ यूनिटी तक पहुँचें

यह आरोपी तेंदुओं के अवयवों को तंत्र मंत्र जादू टोना के लिये लोगों को बेचा करते थे

साथ ही चार लाख की लागत वाली रोड़ स्वीपर मशीन नगर पालिका को सौंपी